प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है आज बेंगलुरू टेक सम्मेलन का वर्च्अल माध्यम से उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठी दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है तथा भारतीय प्रोद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने आईटी नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वावसन दिया उन्होंने एक मजबूत डेटा प्रबंधन ढांचे पर जोर दिया रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेधख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विवाद तकनीकी नवाचार पर आधारित है जिसमें डेटा विश्लेषण की अहम भूमिका है

स्वास्थ मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं उपचाराधीन रोगियों की संख्या कूल मामलों के पांच प्रतिशत से भी कम है देश में उपचाराधीन मामले कूल संक्रमित मामलों का केवल चौर दशमलव नौ पांच प्रतिशत है

भारतीय उद्योग परिसंघ फिंक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं

वे लगातार सात बार से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

विधायक के अलावा संयुक्त सचिव शिशिर कुमार झा प्रशाखा पदाधिकारी सोमेन कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी लक्ष्मी मुचवा मनोज कुमार और हेलेना कंडोला को विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी के तौर पर स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रस्कार से सम्मानित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहल गांधी ने आज सुबह इन्दिरा गांधी स्मारक पर प्रष्पांजलि अर्पित की श्री राहुल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थ्ल पर जाकर भी उन्हें श्रद्वांजलि दी झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इन्दिरा गांधी और स्वर्गीय सीताराम केशरी की जयन्ती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रॉची में मनाई गयी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम उपस्थित हुए

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शिक्षाविद पद्मश्री प्रो दिगम्बर हांसदा के निधन पर दुःख व्यक्त किया है उनका आज सुबह जमशेदपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया मुख्यमंत्री ने कहा कि संताली भाषा को विश्व पटल पर ले जाने में श्री हांसदा का अभूतपूर्व योगदान रहा है उनका निधन शिक्षा और साहित्य जगत के लिए अप्रणीय क्षति है

श्री हांसदा केंद्र सरकार के आदिवासी अनुसंधान संस्थान के सदस्य रहे और उन्होंने सिलेबस की किताबों का देवनागरी से संताली में अनुवाद किया था दिगंबर हांसदा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर रहे

आदिवासियों और उनकी भाषा के उत्थान के क्षेत्र में प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा उन्होंने झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वंचित समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया राज्य सरकार के अधीन उन्होंने इंटरमीडिएट स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए संताली भाषा का कोर्स संग्रहित किया था

हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने खबर दी है कि एलबीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे श्री हांसदा के निधन की खबर पाकर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग उनके आवास पर जाकर शोक प्रकट कर रहे हैं जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि उनकी अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी एम एल धर का आज अहमदाबाद में निधन हो गया

उन्होंने द्रदर्शन समाचार क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाईयों में काम किया वे निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे

छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जायेगी इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता की अराधना कर उन्हें खीर पूरी और फल अर्पित करेंगे

रांची जिले में बुंडू स्थित सूर्य मंदिर तालाब में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है बुंडू समेत जिले के बाहर से भी कई छठब्रती सूर्य मंदिर स्थित तालाब में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुँचते हैं लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे बार व्रतियों के लिए यहां रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही है इससे पहले दूर दराज से आने वाले छठ व्रतियों के रहने की व्यवस्था मंदिर प्रबंधन द्वारा की जाती थी लेकिन सरकार के निर्देशानुसार छठ पर्व को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा सभी घाटों पर बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है पूर्वी सिंहभूम जिले के नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने आम जनता से अपील की है कि यथासंभव संरकारी निर्देशों का पालन करें

नहीं तो आसपास के नदी तालाबों में जाए तो शारीरिक दूरी का ध्यान रखें

आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है एक संदेश में उपराष्ट्रगपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ जाता है